प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के शुआरंभ की पहली वर्षगांठ पर कषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री किसान एप्प का शुभारंभ किया

प्रस्तावित उपायों के समाधान आने में समय लगेगा हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जींद में चिकित्सा महाविदयालय का निर्माणाधीन तीन वर्षो में दो चरणों पूरा होगा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अहमदाबाद के मुप्रेरा स्पेडियम में नमस्ते ट्रम्प सम्मेलन में एक लाख से ज्यादा लोगों को समबोधित किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के सम्बधों का नया इतिहास रचा जा रहा है राष्ट्रपति ट्रम्प ने भारत के एक ख्शहाल देश के तौर पर विकसित होने की सराहना की और कहा कि यह विश्व की एक उज्जवल मिसाल है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के सम्बध कोई औपचारिक सम्बध नहीं बल्कि इससे भी ऊप्र समावेशी सांझदारी है श्री ट्रम्प ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रंशसा करते हये उन्हें अपना सच्चा मित्र बताया

दौरे पर आये अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी धर्मपत्नी मेलानिया ट्रम्प ने साबरमती आश्रम जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्वांजलि अर्पित की भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा को ऐतिहासिक बताते हये कहा कि निश्चित तौर पर इस यात्रा के अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बड़े मायने निकलकर आएंगे दरअसल नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद द्वनिया भर में भारत की अलग साख बनी है आज रोहतक में पार्शी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हये उन्होंने हरियाणा विधानसभा में पेश होने वाले प्रदेश के बज पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि विपक्ष को समसामयिक मुददे उठाने चाहिए इससे प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबृत होती है

इस एप्प् के जरिये किसाना अपने भ्गतान की स्थिति योजना के लिए अपनी पात्रता तथा अन्य सूचनायें प्राप्त कर सकेंगे

उन्होंने कहा कि कृषि और किसानों में सम्बधित योजनाओं के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त बज् आंवपित किया गया है

विधायक कमल ग्प्ता के एक प्रश्न का उत्तर देते हये उन्होंने बताया कि इस भमि की कल्कीयत हरियाणा पश्पालन एवं डेयरी विभाग ेकी है जिसके स्वामित्व परिवर्तन के लिए परिवहन विभाग का अन्रोध पश्पालन एंव डेयरी विभाग हरियाणा में विचाराधीन है हरियाणा के वन मंत्री कंवर पाल सिंह ने आज विधानसभा के प्रश्न काल के दौरान बताया कि करनाल कैथल और करनाल असंध सड़कों को चौड़ा करने के लिए काफी वृक्षों को काश गया है और किसानों को वृक्षों का हिस्सा दिया गया है वन मंत्रीविधायक शमशेर सिह गोगी के प्रश्न का उतर दे रहे थे

उप मुख्यमंत्री विधायक अभय सिंह यादव के एक प्रश्न का उतर दे रहे थे

उन्होंने यह भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में गोशालायें स्थापित करने के लिए शामलात भूमि को पट्टो पर देने के लिए पंजाब ग्राम शामलात भूमि नियमावली में प्रावधान किया गया है उन्होंने बताया कि महेन्द्र गढ़ जिले में आवारा पशओं से होने वाले फसलों के नुकसान का सरकार दवारा कभी आंकलन नहीं किया किया उन्होंने कहा भरोसा दिलाया कि सरकार अवारा पश्ओं की समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्व है प्रस्तावित उपायो के समाधान आने में समय लगेगा इस दौरान जहां संभव होगा पश्ओं को भेज दिया जायेगा हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि जींद में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्श के अन्सार महाविदयालय के निर्माझा का कार्य तीन वर्षो में दो चरणों में पूरा होगा विधायक कृष्ण पाल मिड्डा के प्रश्न का उत्तर देते हये उन्होंने विधानसभा को कहा कि प्रथम चरण के निर्माण पर पांच सौ चौबीस करोड़ तेईस लाख रूपये खर्च किये जायेंगे जबकि क्ल मंजूर राशि के शेष एक सौ उनतालिस करोड़ तिरसठ लाख रूप्ये दूसरे चरण के निर्माण पर खर्च होंगे उन्होंने सदन को बताया कि निर्माण कार्य की स्थाई निविदा के लिये कार्यकारी एजेंसी हरियाणा राज्य सड़क और पूर्व विकास निगम लिमिप्रेड विस्तृत सूचना आमंत्रित निविदा तैयार कर रही है

हरियाणा विधानसभा में आज राजयपाल के अभिभाषण पर चर्चा श्रू हो गई

प्रस्ताव पर बोलते हये विधायक अभय सिंह यादव ने सरकार की उपलब्धियों को चर्चा की

रंजीत सिंह हत्या मामले की अगली सुनवाई सात मार्च को होगी पंचकूला से हमारी संवाददाता ने बताया कि सीबीआई की विशेष अदालत में आज सुनवाई में सीबीआई ने बचाव पक्ष द्वारा लगाई गई याचिका को मंजूर कर लिया इसमें पंजाब के मानसा के प्लिस अधीक्षक को ब्लाने की मांग की गई है आज आरोपी गुरमीत राम रहीम और कृष्ण लाल वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से पेश ह्ये वही आरोपी इंद्रसेन के बुजुर्ग होने के चलते पेशी से छूप दी गई है जबकि आरोपी अवतार सबदिल और जसबीर प्रत्यक्ष रूप में पेश हये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ठ के निर्देश पर फ़रीदाबाद के बडख़ल विधानसभा क्षेत्र में अवैध निर्माणों के हथाने की कारवाई आरंभ की गई

जिस पर हाईकोर्ठ ने नगर निगम फरीदाबाद की कार्यप्रणाली को लेकर खासी नाराजगी जताई थी